अब तक इस महामारी से एक सौ संतानवे लोगों की मृत्यु भागलपुर की कमिश्नर वंदना किनी कोरोना संक्रमित पायी गयी

और प्रदेश में आठ जिलों के तीस प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप

प्रदेश में कोविड उन्नीस के संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच केन्द्रीय टीम जल्द बिहार का दौरा करेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल टीम का नेतृत्व करेंगे बताया जा रहा है यह दल राज्य में कोविड उन्नीस के इलाज की सुविधाओं संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के तौर तरीकों सहित कई अन्य बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी लेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस हजार तीन सौ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सत्रह सौ बयालीस मामलों की पुष्टि की गयी है इसमें से नौ सौ एक मामले पिछले चौबीस घंटों में सामने आये हैं वहीं आठ सौ इकतालीस मामले पन्द्रह जिलों के हैं इधर लगभग पन्द्रह हजार लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं अभी विभिन्न अस्पतालों में आठ हजार एक सौ उनतीस लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एक सौ सतानवे लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है आज सैंतीस विभिन्न जिलों से मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ बाईस नये मामले सिवान जिले से सामने आये हैं वहीं नालदा जिले से एक सौ पांच पटना से निन्यानवे पश्चिम चंपारण जिले से अठानवे मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर मुंगेर नवादा लखीसराय वैसे जिले हैं जहां चालीस से लेकर साठ नये मामलों की प्रष्टि हुई है भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी कोरोना संक्रमित हो गई हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जेएलएनएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉ गौरव कुमार ने इसकी प्रष्टि की है श्रीमती किनी को तत्काल सरकारी आवास पर ही क्वारंटाइन किया गया है और चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है गौरतलब है कि इससे पूर्व भागलपुर के जिलाधिकारी उनकी पत्नी और बच्चे अपर समाहर्ता उप विकास आयुक्त जेएलएनएमसीएच के अधीक्षक जिला स्वास्थ्य प्रबंधक और जिलाधिकारी के स्टेनो सहित जिला समाहरणालय और अन्य विभागों के करीब बारह कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं इधर शेखपुरा जिले में सदर अस्पताल के दो चिकित्सकों और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी में कोविड उन्नीस की पुष्टि हुई है पटना जिले में पीएमसीएच के छह और आईजीआईएमएस के दो चिकित्सकों में भी महामारी की पुष्टि हुई है इधर कोरोना इलाज के लिए नोडल अस्पताल बनाये गये नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छह स्वास्थ्यकर्मी भी महामारी से संक्रमित पाये गये हैं इसके अलावा न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के तीन स्वास्थ्यकर्मियों में कोविड उन्नीस की पुष्टि हुई है पटना जिले में ही बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में एक दिन में छियासी लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है यहां अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर एक्स रे करने वाला टेक्निसियन और इनके कई परिजन कोविड उन्नीस से संक्रमित हो गये हैं संक्रमण के प्रसार के कारण आरएमआरआई अगम कुआं में जांच कार्य आज से तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है अरवल जिले में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा कोविड उन्नीस से बचाव के लिए लोगों के बीच मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है चैंबर द्वारा विशेषकर द्कानदारों से अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने और ग्राहकों से भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया जा रहा है देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या छह लाख पैंतीस हजार सात सौ संतावन हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरेसठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड बाईस हजार नौ सौ बयालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल देश में कुल तीन लाख बयालीस हजार चार सौ तिहत्तर संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कोविड उन्नीस के कुल चौतीस हजार नौ सौ छप्पन नये मामले दर्ज किये गये हैं भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में यह सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है पिछले चौबीस घंटों में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकडा दस लाख के पार पहुंच गया है एक दिन में छह सौ सतासी लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल पच्चीस हजार छह सौ दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड उन्नीस संबंधी रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए सभी सरकारी और निजी सुविधाओं की पहचान करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में परिषद ने ऐसे परीक्षण के लिए अनुमति देने को कहा है साथ ही जांच से संबंधित सभी आंकड़ों को परिषद की डेटाबेस पर अपलोड करने के निर्देश दिये हैं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमण के बचाव के लिए बार बार हाथ धोना और सुरक्षित दूरी बनाये रखना काफी प्रभावकारी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है

कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वामदलों सहित नौ पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आज आगामी बिहार विधान सभा चुनाव के लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की इन दलों ने कोविड उन्नीस महामारी के मददेनजर विधान सभा चूनाव को लेकर विभिन्न बिंद्ओं पर चुनाव आयोग को सुझाव दिये है इसमें महामारी के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने डिजिटल प्रचार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के लिए पोलिंग बूथों के गठन पर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया गया है

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पीएम स्वनिधि मोबाइल एप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण का आवेदन करने के लिए प्रक्रिया आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक सरल पहुंच बनाना है उन्होंने कहा कि यह एप डिजिटल तकनीक को बढावा देने और योजना का दायरा बढाने की दिशा में एक कदम है केन्द्र सरकार ने बिहार समेत अठाईस राज्यों के दो लाख तिरेसठ हजार पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में पन्द्रह हजार एक सौ सतासी करोड रूपये जारी किये हैं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता तथा जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर यह राशि जारी की गई है यह राशि पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अनुशंसित अनुदान के तहत है केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण निकायों को यह राशि बहुत सही समय पर जारी की गई है जब वे कोविड उन्नीस महामारी की चुनौतियों से निपटने में लगे हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में इस राशि से ग्रामीणों को ब्रनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में तेजी ला सकेंगे उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ब्रनियादी ढांचा मजबूत करने और लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए एक हजार दो सौ पैंतालीस करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की गयी है उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को दस दिनों के भीतर यह राशि पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित करने को कहा गया है प्रदेश में गंगा गंडक बूढ़ी गंडक को छोड़कर सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ रहा है हालाकि बक्सर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है वहीं गंडक नदी मूजफ्फरपूर जिले के रेवाघाट में खतरे के निशान से ऊपर और वैशाली जिले के हाजीपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है रेवाघाट पर नदी का जलस्तर चौवन दशमलव छह आठ मीटर रिकॉर्ड किया गया जो लाल निशान से बीस सेंटीमीटर ऊपर है इधर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मूजफ्फरपूर समस्तीपूर और खगड़िया जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है बागमती नदी के जलस्तर में कमी हो रही है लेकिन सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में यह अब भी लाल निशान से ऊपर बनी हुई है वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में स्थिर बना हुआ है कोसी महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी आयी है इधर वाल्मिकीनगर गंडक बराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बगहा रामनगर और बैरिया प्रखंड में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गये हैं हमारे मोतिहारी संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी के उफान के कारण पूर्वी चंपारण जिले में संग्रामपुर प्रखंड में स्टेट हाईवे चौहत्तर के ऊपर से पानी बह रहा है प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं सुपौल जिले में कोसी नदी का पानी फैलने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है वहीं दरभंगा जिले में कमला बलान का जलस्तर बढ़ने के कारण घनश्यामपूर किरतपूर गौड़ा बौराम और क्शेश्वर स्थान में कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वहीं बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण हनुमाननगर केवटी और सिंहवाड़ा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा है कि दरभंगा जिले के केवटी में दो स्थानों पर तटबंध ट्रटने की खबर गलत है उन्होंने कहा कि जिले में कमतौल और केवटी रेलवे स्टेशन के बीच पगडंडी टूट गयी है उन्होंने कहा कि अधवारा समूह की नदी में उफान के कारण केवटी प्रखंड के भोजपट्टी और पोस्टा गांव में सुरक्षा बांध के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी से कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ा है प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं कोसी कमला और करेह नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिथान प्रखंड के बीस से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए है इधर राज्य में आठ जिलों के तीस प्रखंडों में एक सौ सैंतालीस पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है दो लाख चौसठ हजार से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है मुख्य रूप से सुपौल दरभंगा और गोपालगंज में स्थिति ज्यादा गंभीर है इन जिलों में प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए इक्कीस सामुदायिक रसोई घर स्थापित किये गये हैं पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि गोपालगंज जिले में सत्तरघाट प्रल प्ररी तरह सुरक्षित है विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पुल का पहुंच पथ ही क्षतिग्रस्त हुआ है श्री मीणा ने कहा कि पुल से दो किलोमीटर दूर जो पहुंच पथ क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी जांच करायी जायेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी

जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन क्मार ने बताया कि वातावरण में पर्याप्त नमी है और मॉनसून की अच्छी रेखा बंगाल के पास से गुजर रही है इसके कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों सुपौल अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गयी है सबसे अधिक नब्बे मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में रिकॉर्ड की गयी जबकि अररिया में चालीस मिलीमीटर बारिश हुई है नालंदा जिले में एब्रलेंस कर्मचारी की पिटाई के विरोध मे कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिले मे एबुलेंस सेवा आज से ठप्प हो गयी है एंबुलेंसकर्मियों ने आरोपित पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग की है इस घटना के बाद हड़ताली के कारण बीमार लोगों को अस्पतालों से लाने ले जाने में काफी परेशानी हो रही है

अब तक इस महामारी से एक सौ संतानवे लोगों की मृत्यु भागलपुर की कमिश्नर वंदना किनी कोरोना संक्रमित पायी गयी

और प्रदेश में आठ जिलों के तीस प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप